इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की रिथति गंभीर है

वहीं दूसरी तरफ मजदूरों को लेकर एक ट्रेन धनबाद पहंची है त् षिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा सरकारी स्कूलों में ओवर टाइम कर षिक्षक सिलेबस को पूरा करायें

चौहतर वर्षीय दत्ता ने कल विष्ट्पुर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से सोलह लोगों की मौत हो गयी इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की स्थिति गंभीर है ये समी लोग जालना इलाके में एक फैक्ट्री में काम करते थे लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री बंद होने के कारण ट्रेन की पटरी के किनारे से होकर भुसावल की ओर जा रहे थे ये सभी मजदूर मध्यप्रदेष के सहडौल और उमरिया जिले के रहनेवाले थे और अपने घर जा रहे थे इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है उन्होंने ट्विट में कहा है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन दर्धटना में हई मौतों से वे दुखी है इस मामले में उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और वे स्थिति की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं

उधर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस घटना की जांच का आदेष दिया है मध्य प्रदेष के मुख्यमंत्री षिवराज सिंह चौहान ने मजदूरो के परिजनों को पांच पांच लाख मुआवजा देने की घोषणा की है इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस घटना पर दुख जताया है तमिलनाडु के वेल्लौर से मरीजों को लेकर एक स्पेषल ट्रेन आज हटिया पहुंची इस ट्रेन में वैसे लोग शामिल हैं जो इलाज कराने वेल्लौर गये थे और लॉकडाउन की वजह से वहीं फंस गये थे इस ट्रेन से आनेवाले लोगों की सुविधा के लिए जिला प्रषासन ने इंतजाम किये थे ट्रेन से आनेवाले सभी लोगों की जांच के लिए सैंपल लिये गये हैं वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के लिंगमपल्ली से एक और ट्रेन कामगारों को लेकर आज दोपहर बारह बजे धनबाद पहंच गयी है राजधानी रांची के रिम्स से कल कोरोना के नौ मरीज ठीक हो कर निकले हैं इन सभी की रिपोर्ट लगातार निगेटिव आई थी इस खबर से जिला प्रशासन सहित उन मरीजों के परिवार वालों में खुशी है रिम्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ नौ मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आयी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने कहा कि यह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत की तरफ बढ़ रहे हमारे कदमों का एक नमूना है रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने कहा कि यह जिले के लिए एक अच्छी खबर है जल्द ही हम सभी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे

द्मका जिले में कोरोना के संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद जिला प्रषासन ने सख्ती बढ़ा दी है

ऐसे में देश के अन्य राज्यों से बोकारो लौट रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर जिला प्रशासन काफी एहतियात बरत रहा है

आवश्यक होने पर सैंपलिंग भी की जा रही है इसके अलावा रैन्डम सैंपलिंग का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है

सभी प्रवासी मजदूरों का पेटरवार स्थित बालिका विद्यालय के प्रांगण में थर्मल स्कैनिंग कराया गया

लुधियाना से आई अमृत कौर ने बताया कि उन्हें यहां तक ैआने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल अपनी प्रमुख ब्याज दर में पन्द्रह आधार अंकों की कटौती कर दी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उंची ब्याज दर वाली विषेष जमा योजना षुरू की

षिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में ओवर टाइम कर षिक्षक सिलेबस पूरी करायें श्री महतो कल शाम चतरा परिसद भवन में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे बैठक के दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण को ले विद्यालयों में पठन पाठन बाधित होने की स्थिति में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने को ले किये जा रहे प्रयासों की जानकारी ली साथ ही लॉकडाउन खुलते ही विद्यालयों में ओवर टाइम कर पीछे छूटे सिलेबस को भी पूरा कराने की बात कही उन्होंने कहा कि अब वे पांच के बजाय सात घंटे और शनिवार को हाफ टाइम के बजाय फूल टाईम स्कूल संचालित किया जाना चाहिए मंत्री ने कहा कि अब मैं खुद लगातार क्षेत्र में जाकर शिक्षा व्यवस्था सुद्रढ़ करने को ले अधिकारियों के साथ नियमित बैठक करेंगे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

राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को अब स्कूल किट दिये जायेंगे

विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल किट की खरीदारी करेगी इस किट में कॉपी पेन पेंसिल रबर कटर और इंस्ट्रमेंट बॉक्स षामिल होगा

झारखंड राज्य षिक्षा परियोजना के निदेषक उमाषंकर सिंह ने कहा कि जिन छात्र छात्राओं को बैग मिले हैं उन्हें ही किट दिये जायेंगे वैष्विक महामारी कोरोना से जंग में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका भी सराहनीय है राज्य को विभिन्न जिलों में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था नव भारत जागृति केंद्र द्वारा प्लान इंडिया के सहयोग से कोरोना से इस जंग में फ़ंट वारियर को सहायता पहंचायी जा रही है नव भारत जागृति केंद्र के अध्यक्ष गिरिजा सतीष ने बताया कि संस्था की ओर से कोरोना से जंग में आवष्यक मेडिकल सुविधा पीपीई किट मास्क सैनिटाइजर ग्लव्स इंफ़ारेड थर्मामीटर समेत कई अन्य सामग्री की आपूर्ति की गयी है

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल प्रधानमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना में बदलाव की घोषणा की यह योजना देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए घोषित की गई है राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अलावा अन्य विश्वविद्यालय और संस्थानों के छात्र भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे

अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अंतरराष्ट्रीय भारतोलक सुब्रत दत्ता का कल जमषेदपुर में निधन हो गया चौहतर वर्षीय दत्ता ने कल विष्टुपुर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली इनके नाम पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता सुब्रतो क्लासिक और एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन कई वर्षो किया जा रहा है

राज्य के विभिन्न जिलों में फंसे लोग या राज्य के बाहर फंसे लोग निजी वाहन से जाने के लिए पास ले सकते हैं